उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि काव्य में विचार मानसिकता और सामाजिक आदर्शों को बदलने की क्षमता होती है

उन्होंने कहा कि काव्य में सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया तेज करने की ताकत होती है श्री नायड् ने कहा कि विद्यालयों में काव्य पठन पाठन को पाठ्यकम का ज़रूरी हिस्सा बनाया जाना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सड़क यातायात अपराधों में मोटर वाहन अधिनियम के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है शीर्ष अदालत ने सड़क दुर्घटना के दोषियों पर सिफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग चलाने का गुवाहाटो उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया है भारतीय दंड संहिता के तहत मोटर वाहन दुर्घटना के दोषियों की सजा मोटर वाहन अधिनियम की तुलना में अधिक सख्त है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि अदालतों से सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप मिलनी चाहिए और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ठोस असर पड़ना चाहिए पीठ ने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने समय समय पर सड़क दुर्घटना के दोषियों के साथ कड़ाई बरतने पर जोर दिया है

इसके अलावा सैकड़ों देशी विदेशी और क्षेत्रीय कलाकार भी इसमें शिरकत करेंगे

श्री जावडकर ने बताया कि इस समारोह में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए भी फिल्म प्रदर्शित की जायेगी

केन्द्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सरकार सभी वर्गो और समदायों की समस्याओं के निराकरण के लिये प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि पूरी दनिया में गुरूनानक देव जी के प्रकाश पर्व मनाया जाता है और सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है श्री गंगवार ने कहा कि करतारपुर सिख समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वहां जाने के लिए वीज़ा समस्या का जल्द से जल्द हल निकल आये गुरूनानक दव के प्रकाश उत्सव के मौके पर स्कूली बच्चों ने शहर के जनकपुरी गुरूद्वारे से सिविल लाइन्स स्थित गुरूद्वारे तक साइकिल रैली निकाली इस दौरान श्री गुरूनानक देव जी की शिक्षाओं पर आधारित सामग्री भी लोगों में बांटी गयी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन कल नई दिल्ली में आयकर विभाग के नेशनल ई एसेसमेंट केन्द्र का उद्घाटन करेंगी इस केन्द्र की स्थापना को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे करदाताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी इसके साथ ही प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करते हुए करदाताओं की शिकायतें कम करने और कारोबारी सुविधा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी नई प्रणाली के तहत करदाताओं को कर अधिकारियों से संपर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी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

पटाखों से होने वाले प्रद्षण और स्वास्थ्य हानि के मद्देनजर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने कम से कम ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखे बनान की एक नई विधि विकसित की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली के एक संवाददाता सम्मेलन में सीएसआईआर द्वारा विकसित कुछ लोकप्रिय पटाखों जैसे गुलनार पेंसिल चक्र और फुलझडियों का प्रदर्शन किया उन्होंने घोषणा की कि इस प्रकार के कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे और फ़्लझड़ियां बाजार में विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सर्वोच्च न्यातयालय के सुझाव के आधार पर नए किस्मो के ये पटाखें तैयार किये गये हैं प्रदेश भर में आज महाअष्टमी श्रद्धा और उल्लासपूर्वक मनायी जा रही है महाअष्टमी को इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है आज देवी दुर्गा के सभी नौ रूपों की पूजा की जाती है इस अवसर पर विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का कम जारी है डिस्पैच मां दूर्गा का पूजन करने के लिए पंडालों और मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्वालुओं की भीड़ लगी हुई है इस अवसर पर श्रद्वालु कुमारी पूजन करते हैं जिसमें बच्चियों को देवी की तरह पूजा जाता है कुछ श्रद्दालु अपने घरों पर ही कुमारी पूजा का आयोजन करते हैं दर्गा मंदिरों को विशेष रूप से इस अवसर पर सजाया और संवारा गया है श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गये हैं मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर और सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी के मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है नवरात्रि का नौ दिन का व्रत कल समाप्त हो जाएगा और अगले दिन दशहरा मनाया जाएगा एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ बलरामपुर में नवरात्रि का उल्लास चरम पर है जहां जनपद के अनेक गांवों और कस्बों में बनाये गये पूजा पंडालों में श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं वहीं तुलसीपुर स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ में नौ दिवसीय नवरात्रि मेला भी जारी है डिस्पैच जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर आज अष्टमी तिथि को प्रातः काल से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है

चारों तरफ मां के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्दालु पहुंच रहे हैं भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का विशेष प्रबंध किया गया है मंदिर प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं के ठहरने व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है राम कुमार मिश्रा आकाशवाणी समाचार बलरामपुर लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालु विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं इसके अलावा शहर के चौक स्थित मां काली मंदिर सहित अन्य कई मंदिरों में कन्यापूजन और श्रंगार सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान किये जा रहे हैं जौनपुर ज़िले की प्रमुख शक्तिपीठ माता शोतला चौकिया धाम मं सुबह से ही मां के दर्शन पूजन का कम जारी है और भक्तों का तांता लगा हुआ है इसके अलावा जनपद भर में बनाये गये लगभग दो हजार पूजा पंडालों में मां की प्रतिमा स्थापित कर दर्गा पूजा की जा रही है वहीं मेरठ में नवरात्रि के आठवें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की गयी इस अवसर पर नौचंडी मन्दिर कालीमाता मंदिर और और गोल मंदिर सहित सभी मंदिरों में श्रद्वालुओं ने मां को श्रृंगार सामग्रो अर्पित कर मनोकामनायें मांगी उधर कन्नौज और हमीरपुर सहित अन्य कई ज़िलों में कन्याभोज मुंडन संस्कार और रामायण के अखंड पाठ के आयोजन के समाचार हैं आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव और बसपा के पूर्व विधान परिषद सदस्य अतहर खॉ सहित भाजपा कांग्रेस और बसपा के कई नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में इन सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करायी मुरादाबाद में आज सुबह लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर रेलगाड़ी पटरी से उतर गई मुरादाबाद मण्डल के रेल प्रबन्धक ने बताया कि यह घटना कटघर और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बीच में हुई उन्होंने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं